बेलहर से एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में कोई सुधार नहीं

राज्य में पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिये इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिये आज अधिसूचना जारी कर दी गयी इसके साथ ही नामांकन का कार्य शुरू हो गया प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा नाथनगर बेलहर तथा एक लोकसभा सीट समस्तीपुर के लिए उपचुनाव होना है पहले दिन बेलहर विधानसभा क्षेत्र से एक अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल किया नामांकन भरने की अंतिम तारीख तीस सितम्बर है विधानसभा की पांच सीटों में से चार जदयू और एक कांग्रेस विधायक के लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण रिक्त हुई है वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट लोजपा सांसद के निधन के कारण खाली हुई है राज्य में उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में गतिविधियां तेज हो गई है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार और गठबंधन के तहत सीटों पर तालमेल जैसे मुददों पर चर्चा की गई बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि एक दो दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जायेगी इधर समस्तीपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान सांसद रामनाथ ठाकुर सहित एनडीए के घटक दलों के कई नेता उपरिथित थे उपचुनाव की अधिसूचना के साथ ही महागठबंधन में मतभेद उभर कर सामने आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है पटना में संवादादाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एक सीट नाथनगर पर हर हाल में अपना उम्मीदवार उतारेगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार मार्च दो हजार इक्कीस में व्यापक जनगणना कार्यक्रम पूरा कर लेगी और पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर तैयार किया जाएगा नई दिल्ली के मानसिंह रोड पर जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए श्री शाह ने कहा कि पहली बार जनगणना को हर व्यक्ति के विकास का आधार बनाया जाएगा गृहमंत्री ने कहा कि दो हजार इक्कीस की जनगणना में मोबाइल एप इस्तेमाल किए जाएंगे और इस डिजिटल प्रक्रिया में कागज का कम से कम इस्तेमाल होगा साउंड बाईट जनगणना कैसे हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए देश के भविष्य के विकास की एक आधारशिला रखने को लिए लम्बे समय की योजनाएं बनाने का भी आधार हो और यह बात जब तक देश की जनता के सामने नहीं रखेंगे तब तक जनगणना में जनभागीदारी चाहे इतनी इन्वॉल्ब नहीं होगी जितनी होनी चाहिए उप मुख्यमंत्री सुशील क्मार मोदी ने कहा है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को अगले छह महीने के भीतर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जायेगा श्री मोदी पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बोतल और दूध के पैकेट में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में निर्माणाधीन गैंडा प्रजनन केन्द्र का निरीक्षण भी किया उन्होंने कहा कि जल्द ही वियतनाम से तीन सिंग वाले गैंडे भी यहां लाये जायेंगे प्रदेश के नौ मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ वार्ता और सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन के बाद हड़ताली चिकित्सकों ने यह फैसला किया जूनियर डॉक्टर सरकार की चिकित्सा शिक्षा नीति चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता और स्टाईपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गये थे पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि अगले महीने के अंत तक राज्य के छह सौ पुलिस थाने सीसीटीएनए नेटवर्क से जुड़ जायेंगे उन्होंने आज सीतामढ़ी जिले के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में लोक जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे एफआईआर सहित सभी पुलिस थानों का कामकाज ऑनलाईन हो जायेगा और इससे अपराधियों के बारे में जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी श्री पांडेय ने लोगों से दशहरा शांतिपूर्वक और भाईचारा के साथ मनाने की अपील की उन्होंने शिवहर में भी जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया मनीष कूमार सिन्हा बिहार पूलिस सेवा संघ के नये अध्यक्ष चूने गये हैं वे वर्तमान में फतुहा के अनुमंडल प्रलिस पदाधिकारी हैं आज हुए प्रलिस संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक अरूण कुमार सिंह को महासचिव और एसटीएफ के डीएसपी राजकिशोर सिंह तथा सीआईडी के डीएसपी मुकुल परिमल पांडेय को उपाध्यक्ष चुना गया है संघ की बीस सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया गया है जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की रिथित में कोई सुधार नहीं हुआ है गंगा समेत राज्य की अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बना हुआ है पटना में गंगा नदी के किनारे निचले क्षेत्रों में बसे कई इलाके बाढ़ के पानी में ड्रब गये हैं इधर हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मुंगेर और जमालपुर प्रखंडों की आठ पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है वहीं सोन नदी पटना के मनेर में लाल निशान से इक्यासी सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बेगूसराय जिले में भी कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ से प्रभावित जिले के तेघड़ा बछवाड़ा बरौनी और मटिहानी प्रखंड का दौरा किया उन्होंने अधिकारियों को व्यापक पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिये इधर गंगा और बूढ़ी गंडक के उफान पर रहने के कारण खगड़िया जिले के गोगरी परबत्ता मानसी और खगड़िया के बाईस पंचायतों के छप्पन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं खगड़िया शहर के कई इलाकों में ब्रढ़ी गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं प्रभावित क्षेत्रों को लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिये सामुदायिक रसोई घर स्थापित किये गये हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने गंगा नदी में उफान के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में आयी बाढ़ की स्थिति को लेकर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात की उन्होंने फरक्का बराज से वाटर डिस्चार्ज बढ़ाने का अनुरोध किया वर्तमान में प्रतिदिन सोलह लाख क्यूसेक से अधिक पानी फरक्का बराज से छोड़ा जा रहा है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में चक्रवाती प्रभाव के कारण वर्षा का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक समस्तीपुर के रोसड़ा में दस सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं कटिहार महुआ बाढ़ एकंगरसराय और हिसुआ में दो से पांच सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटों में पटना गया भागलपुर पूर्णियां समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है इस वर्ष अधिकतर फसलों का उत्पादन सामान्य से ज्यादा होने का अनुमान है क़षि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन चौदह करोड़ टन होने का अनुमान है जो पिछले पांच वर्षो की औसत पैदावार से लगभग पचासी लाख टन ज्यादा है चालू खरीफ सीजन के दौरान चावल का उत्पादन दस करोड़ टन होने का अनुमान जताया गया है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक सौ ग्यारहवीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया इस अवसर पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये राष्ट्र कवि के पैतृक गांव बेगूसराय स्थित सिमरिया में विशेष समारोह आयोजित किया गया इधर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में गोवा की राज्यपाल डॉक्टर मृद्रला सिन्हा ने राष्ट्र कवि की प्रतिमा का अनावरण किया

बेलहर से एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में कोई सुधार नहीं